राज्य सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में अब तक तेईस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दो सौ चौवन नए मामले सामने आये

ईद उल फित्र का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को पर्व की बधाई दी मुस्लिम धर्मगुरूओं ने लोगों से घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की देश भर में आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्व तरीके से शुरू हो जाएंगी नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान लगभग दो महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रखने के बाद फिर से शुरू की जा रही हैं घरेलू उड़ान शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं

राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन लोगों में कोविड नाइन्टीन के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें चौदह दिन की स्व निगरानी के निर्देश के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा केंद्र सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों को अनुमति के साथ ही प्रदेश सरकार ने राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्य में हवाई अड्डों से बाहर आने से पहले सभी यात्रियों को सरकारी वेबसाइट आर ई जी डॉट यूपी कोविड डॉट आई एन पर पंजीकरण कराना होगा इससे उन्हें एक संदेश मिलेगा और वे हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे यात्रियों को अपनी यात्रा से संबंधित एक फॉर्म भी भरना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक तेईस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है उन्होंने प्रवासी कामगारों की सम्मानजनक वापसी की प्रतिबद्वता दोहराते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि होम क्वारंटीन के दौरान सभी कामगारों को खाद्यान्न किट उपलब्ध करायी जाए और एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कामगारों के सेवायोजन और रोजगार के लिए एक आयोग का गठन करेगी

मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करते हुए ब्यौरा जुटाने के भी निर्देश दिए रेल विभाग ने अब तक दो हजार आठ सौ तेरह से ज्यादा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं जिनमें सैंतीस लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है लगभग साठ प्रतिशत रेलगाड़ियां गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब से चली हैं और अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार गई हैं रेल विभाग ने लॉकडाउन में फसे प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों के लिए इस महीने की पहली तारीख से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां श्रू की थीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि अस्सी प्रतिशत श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चली हैं ज्यादातर रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश में लखनऊ गोरखपुर मंडल और बिहार में पटना के आस पास गई हैं प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीबों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वृद्वावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को दो महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है लाभार्थियों को बारह महीने के बजाय अब चौदह महीने की पेंशन मिलेगी इससे प्रदेश के करीब सत्तासी लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे राम ने बताया कि अप्रैल में दो महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी गयी थी इस तरह अब जून में भी दो माह की पेंशन लाभार्थियों के खाते में पहंच जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक चौवन हजार चार सौ चालीस से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार छह सौ सत्तावन संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं देश में स्वस्थ होने की दर इकतालीस दशमलव दो आठ प्रतिशत है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ चौवन नए मामलों का पता चला जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या छः हजार दो सौ अड़सठ हो गई है बीमारी से तीन हजार पांच सौ अड़तीस लोग स्वस्थ हुए हैं और एक सौ इकसठ की मृत्यु ह्यी है राज्य में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ उनहत्तर है प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक सत्रह मामले गौतमबुद्ध नगर में मिले जिले में संक्रमितों का आंकड़ा तीन सौ इक्यावन हो गया है दो सौ बत्तीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और पांच लोगों की मृत्यु हुयी है जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ चौदह है सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल छः मरीज मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की तादाद आठ सौ पचास हो गई है जिले में स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है कुल सात सौ पच्चीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जनपद में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या बानबे है मेरठ जिले में कल पन्द्रह मामले सामने आये जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ दस हो गई है देवरिया में भी पन्द्रह नए मरीज मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या तिरपन हो गई है वाराणसी में तेरह लोगों में संक्रमण की पृष्टि हयी है जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ उन्चास हो गई है सतहत्तर लोग अब तक बीमारी से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और चार की मृत्यु हुयी है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या अड़सठ है अमरोहा में भी कल तेरह नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या छप्पन हो गई है हालांकि जिले में सक्रिय मामलों की संख्या चौबीस है रामपुर जिले में बारह लोगों में संक्रमण की पूष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या एक सौ अड़तालीस पहच गई है लखीमपुर खीरी में भी बारह नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या साठ हो गई है गोण्डा में ग्यारह नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद पचास हो गई है इसके अलावा कल भदोही आजमगढ़ में नौ नौ हापुड़ बरेली में आठ आठ गाजियाबाद में सात बिजनौर मुजफ्फरनगर कन्नौज में छः छः अलीगढ़ बस्ती संभल फतेहपुर हरदोई महोबा में पांच पांच उन्नाव में चार सहारनपुर जौनपुर में तीन तीन सोनभद्र कासगंज बागपत बलरामपुर अम्बेडकरनगर गोरखपुर प्रयागराज बहराइच बुलन्दशहर मुरादाबाद लखनऊ में दो दो और कानपुर नगर कानपुर देहात फिरोजाबाद सिद्धार्थनगर मथुरा कौशाम्बी जालौन अमेठी शामली इटावा महराजगंज बदायूं झांसी मिर्जापुर फर्रुखाबाद चन्दौली शाहजहांपुर मऊ तथा कुशीनगर में कोरोना संक्रमण के एक एक मामले की प्रष्टि हयी है देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने देशवासियों को ईद उल फित्र पर शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने ईद के त्यौहार को प्रेम शांति भाईचारे और सौहाई का प्रतीक बताया उन्होंने लोगों से कोविड नाइन्टीन के भयावह संकट के बीच मानव सेवा की भावना को और मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने भी लोगों को ईद के अवसर पर बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्यौहार हमें एकता भाईचारे और एक दूसरे से प्रेम का संदेश देता है राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड नाइन्टीन के खतरे को देखते हए अपने घरों में ही नमाज अदा करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से ईद मनाने के लिए बाहर न निकलने की अपील की उलेमाओं व इमामों ने भी लोगों से घर में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने लोगों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने की अपील की है उन्होंने सभी मुसलमानों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रह कर नमाज अदा करने की अपील की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरकज़ी चांद कमेटी फरंगी महल के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर ही नमाज अदा करें और त्यौहार मनायें आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नन्द कुमार ने लोगों को घर पर रहने योगाभ्यास करने और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी है कोरोना संक्रमण को आए पूरे देश में सौ दिन से अधिक हो गया पिछले तीन महीने में कोरोना से डर में कुछ कमी आई और हम उसको कुछ बेहतर समझ पा रहे हैं हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है कैसे ट्रांसमिट होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत बार सिम्टम्स के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है और हम यह भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को हमलोगों ने बहुत घातक सीरियस है इससे बहुत लोग मर जाते हैं वैसी बात नहीं हैं